अजय चौटाला ने पार्टी से निष्कासन बारे पूछा कि किसने और किस अधिकार से ऐसा किया नीति आयोग और संयुक्त राष्ट संगठन यूनीसफ़ ने बच्चों को नवाचार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आज यूनीसेफ अटल टिंकरिंग हक्कथान की शुरूआत की

याचिका कर्ताओं ने सौदे में हई कथित अनियमितताओं के सम्बध में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की

इस अवसर पर बोलते हए डॉ तंवर ने कहा कि देश की आजादी के समय औदयोगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भिलाई और राऊरकिला जम्रे स्टील प्लांट और भाखड़ा बांध जफ्री अभूतपूर्व परियोजनाओं का निर्माण करवाया

ये फसला आज म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हई अन्त्योदय सरल मंच की बठक मे लिया गया

इनेलो और बसपा ने आज पंचकूला में एक संय्क्त सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने पत्रकारों को बताया कि एक दिसम्बर को क्रक्षेत्र से प्रदेश के लोगों के मृद्दों को लेकर एक अधिकार यात्रा की शुरूआत नए सिरे से की जायेगी

उधर आज य्म्नानगर में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव डा अजय चौटाला ने कहा कि इनेलो में कुछ पदाधिकारी अलोकतंत्रिक फ्रसले ले रहे ह लेकिन अब वह ऐसा नहीं होने देंगे उन्होंने कहा कि जन नायक चौधरी देवी लाल व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच को आगे बढ़ाया जाएगा

इस मौके पर यम्नानगर जागधरी और करनाल में हज़ारों श्रदवालुओं ने पश्चिमी यम्नातट पर आस्था की ड्बकी लगाई और मघ्ठा से जीवन में स्ख समृद्वि की कामना की इससे पूर्व कल शाम को म्ख्यमंत्री ने पश्चिमी यमुनानगर के तट पर पहंचकर भवगाव सूर्य की अराधना की और उन्हे अर्ध्य दिया उन्होंने श्रद्वाल्ओं को महोत्सव की बधाई देते हए पश्चिमी यमुनानगर नहर क तट पर विधिवत पूर्जा की

भिवानी में आज एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे स्कूटी सवार छात्र विकास की मौत हो गई फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हथ श्री कृष्णा आय्ष विश्वविद्यालय क्रुक्षेत्र द्वारा इस सत्र हेत् राज्य के विभिन्न महाविदयालयों में बीएएमएस एवं बीएचएमएस पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा यानि नीट से वंचित रहे सभी वर्गो को उम्मीदवारों को भी दाखिले का अवसर दिया जायेगा